इकतीस अगस्त तक शैक्षणिक संस्थान और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी

केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस के नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढाने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं गृह मंत्रालय के अनुसार अनलॉक तीन के तहत पहली अगस्त से गतिविधियों को बढाने की शुरुआत होगी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रात्रि में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा पांच अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा स्वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं इकतीस अगस्त तक बंद रहेंगी वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी जिसे चरणबद्ध ढंग से बढाया जाएगा मेट्रो रेल सिनेमा हॉल तरणताल मनोरंजन पार्क थियेटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कडाई से पालन कराया जाएगा राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा प्रदेश में कोविड उन्नीस के दो हजार तीन सौ अठाईस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर पैंतालीस हजार नौ सौ उन्नीस हो गयी है नये मामलों में सबसे अधिक तीन सौ सैंतीस पटना जिले से सामने आये हैं इसके साथ ही भोजपुर में एक सौ इकसठ रोहतास में एक सौ चौबीस सारण में एक सौ बीस और नालंदा में एक सौ सोलह मामलों की पुष्टि हुई है वहीं पश्चिम चंपारण में संतानवे गया में बहत्तर कटिहार में पैंसठ जबकि बक्सर में उनसठ नये मामले सामने आये हैं राज्य में इस महामारी से अब तक दो सौ तिहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है वहीं तीस हजार पांच सौ चार लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर छियासठ प्रतिशत है पीएमसीएच और आईजीआईएमएस के दो दो चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा पीएमसीएच के ग्यारह और आईजीआईएमएस के तीन कर्मी भी पॉजिटिव पाये गये हैं पूर्व मध्य रेल में कार्यरत अट्ठाईस अधिकारी और कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है पूर्व मध्य रेल के जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दानापुर रेल मंडल में सबसे अधिक दस पॉजिटिव पाये गये हैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों संजय कुमार सिंह राजीव रौशन और राज कुमार को स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है वहीं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मानवजीत सिंह ढ़िल्लो की भी स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति की गयी है पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड उन्नीस के सम्भावित वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि पन्द्रह जुलाई को जिस युवक को वैक्सीन की पहली डोज दी गयी थी उसे दूसरी डोज दी गयी है उन्होंने बताया कि चौदह दिनों के बाद इस बात की जांच की जायेगी कि युवक में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का कितना विकास हुआ है डॉक्टर सिंह ने बताया कि पहले डोज का कोई दुष्प्रभाव युवक पर नहीं देखा गया आज सात और लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जायेगी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पटना और मुजफ्फरपुर में अस्थायी कोविड अस्पताल के निर्माण के लिए स्थान का चयन कर लिया है पटना के बिहटा रिथत ईएसआईसी अस्पताल और मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड़डा परिसर में इन अस्पतालों का निर्माण होगा पांच पांच सौ बेड क्षमता वाले इन अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी इस सिलसिले में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने डीआरडीओ के चेयर मैन जी सतीश रेड्डी से विस्त्रत चर्चा की कोरोना के गम्भीर मरीजों के उपचार के लिए हर जिले में चार वेंटिलेटर के साथ विशेष आईसीयू की व्यवस्था होगी स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया है कि वर्तमान में तीन सौ चौरानवे केन्द्रों पर कोविड के इलाज की व्यवस्था है इन सभी केन्द्रों पर अभी छब्बीस हजार बेड हैं जिसे बढ़ाकर तैंतालीस हजार किया जायेगा उन्होंने बताया कि तीन सौ तेरासी वेंटिलेटर और दो सौ सत्तर आईसीयू भी उपलब्ध हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रतिदिन बीस हजार नमूनों की जांच का लक्ष्य दो दिनों में पूरा कर लिया जायेगा स्वास्थ्य विभाग में नौ सौ विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है इन सभी की नियुक्ति के लिए तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अनुशंसा की गयी थी केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति दो हजार बीस को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के लिए टेन प्लस टू के फॉर्मूले को समाप्त कर दिया गया है तीन साल की प्री स्कूलिंग के साथ बारह साल की स्कूली शिक्षा दी जायेगी इस शिक्षा नीति के अनुसार पांचवीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उनके अंकों और ग्रेड की बजाय उनके कौशल और क्षमताओं का समग्र आकलन किया जायेगा नई नीति में छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू किये जाने की बात कही गयी है छात्रों के लिए इंटरमीडिएट में कला विज्ञान और वाणिज्य विषयों के बीच अंतर नहीं होगा इसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एकल विनियामक बनाने एम फिल पाठ्यक्रमों को समाप्त करने जैसी प्रमुख बातों को शामिल किया गया है इसके अलावा बीएड कॉलेज की बजाय सामान्य कॉलेज से ही बीएड की डिग्री दी जायेगी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जायेगा प्रदेश में बाढ़ की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बारह जिलों के एक सौ दो प्रखंडों की नौ सौ एक पंचायत बाढ़ से प्रभावित है लगभग चालीस लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ की उन्नीस और एसडीआरएफ की सात टीमें राहत और बचाव कार्य में ज़ूटी हुई है तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है प्रभावित जिलों में उन्नीस राहत शिविरों में पच्चीस हजार से अधिक लोग रह रहे हैं वहीं नौ सौ नवासी सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन हो रहा है जहां पांच लाख इकहत्तर हजार से अधिक लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है बाढ़ प्रभावित जिलों के हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है दरभंगा स्थित नेशनल पावर ग्रिड में बाढ़ के पानी के प्रवेश कर जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी है दरभंगा पूर्वी चम्पारण सारण सीवान पश्चिम चम्पारण समस्तीपुर मुजफ्फरपुर गोपालगंज सीतामढ़ी शिवहर और मधुबनी जिले में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि दरभंगा के बेनीपुर और बिरौल अनुमंडल के सीमावर्ती क्षेत्र मलौल में कमला नदी का तटबंध ट्रट गया है इससे कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है साथ ही मलौल का बिरौल से सड़क सम्पर्क ट्रट गया है गोपालगंज में भी बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है जिले का बैकुंठपुर प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इस बीचडुमरिया सेतु पर पांच दिनों के बाद वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है सारण जिले के तरैया के सभी तेरह पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं तरैया अमनौर एसएच एक सौ चार पर आवागमन पूरी तरह बंद है तरैया स्थित विद्युत उप केन्द्र में पानी के प्रवेश कर जाने से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था भी चरमरा गयी है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सुरक्षा तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है बीएमपी छह से लगभग डेढ़ किलोमीटर रम्भा चौक के पास सुरक्षा बांध में दरार आ गयी है वहीं अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा स्थित रिंग बांध पर पानी का दबाव अब भी बना हुआ है पश्चिम चम्पारण जिले के एक सौ तीस गांव बाढ़ की चपेट में हैं गंडक और सिकरहना नदी में आई उफान से पिपरासी बगहा नौतन ठकराहा बगहा एक मंझौलिया सिकटा चनपटिया और बैरिया प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं मध्रबनी जिले में कोसी कमला और भूतही बलान नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है मधेपुर प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हो गये हैं वहीं खजौली प्रखंड क्षेत्र के भक्आ बल्आ टोल चतरा बेलदरही और कनहौली तुरकाहा गांव के पास कमला नदी के तटबंधों पर कटाव होने से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं पूर्वी चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन आम जनजीवन अभी भी प्रभावित है जिले के केसरिया पिपरा कोठी संग्रामपुर अरेराज बंजरिया फेनहारा तेतरिया पकड़ी दयाल रामगढ़वा चिरैया ढ़ाका मधुबन सुगौली चकिया और मोतिहारी प्रखंड के कई गांवों में अब भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है सीतामढ़ी जिले के शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बनी रहने से महामारी का खतरा पैदा हो गया है लोग घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिये हुये हैं समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बूढ़ी गंडक और बागमती नदी में उफान से तटबंधों पर दबाव बना हुआ है जिले के कल्याणपुर स्थित जीरो माईल सड़क पर पानी के तेज बहाव से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है सुपौल जिले के मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव कोसी और सहायक नदियों के पानी से घिरे हुये है वहीं निर्मली प्रखंड में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित पवड़ा गांव में ब्रढ़ी गंडक नदी के बांये तटबंध में रिसाव हो रहा है जल संसाधन विभाग के अभियंता बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में जुटे हुये हैं प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में डूबने से तैंतीस लोगों की मौत हो गयी है मरने वालों में मुजफ्फरपुर के आठ पूर्वी चम्पारण के छह सारण और दरभंगा के पांच पांच समस्तीपुर और सीतामढ़ी के तीन तीन पश्चिम चम्पारण मधुबनी तथा बांका से एक एक व्यक्ति शामिल हैं राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है गंगा समेत आठ नदियां अलग अलग स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर है कोसी का जलस्तर बलतारा में लाल निशान से लगभग पौने दो मीटर अधिक है गंगा के जलस्तर में कमी के बावजूद यह कहलगांव में लाल निशान को पार कर गयी है बागमती नदी सीतामढ़ी के कटौंझा में खतरे के निशान से करीब सवा दो मीटर ऊपर आ गयी है नदी मुजफ्फरपुर में तिरानवे सेंटीमीटर और दरभंगा में लगभग दो मीटर ऊपर बह रही है ब्रुढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है यह रोसड़ा रेल प्रल के पास लाल निशान के करीब तीन मीटर ऊपर पहुंच गयी है नदी समस्तीपुर रेल पुल के पास लाल निशान से दो मीटर तैंतीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कमला नदी का जलस्तर झंझारपुर और जयनगर में बढ़ा है मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के सोलह जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग के अनुसार अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवा बिहार की ओर आ रही है इसके एक अगस्त तक राज्य के केन्द्र में पहुंचने की सम्भावना है इसके चलते पूर्वी चम्पारण गोपालगंज पश्चिम चम्पारण पूर्णियां अररिया और किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश की सम्भावना है वहीं पटना गया और नालंदा समेत दक्षिण मध्य बिहार के बिहार के कुछ जिलों में एक अगस्त से मध्यम से भारी बारिश हो सकती है आयकर विभाग ने वित्त वर्ष दो हजार अठाहर उन्नीस के आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख इकतीस जुलाई से बढ़ाकर तीस सितंबर कर दी है वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है सुजन घोटाले के एक आरोपी एन वी राजू की दो सम्पत्तियों की नीलामी होगी इसके लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है भाकपा माओवादी के तीन नक्सलियों ने गया में पुलिस अपर महानिदेशक सुशील मानसिंह खोपड़े और सीआरपीएफ के डीआईजी संजय कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इन सभी नक्सलियों की कई मामलों में तलाश थी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 नई शिक्षा नीति पर प्रभात खबर की सुर्खी है चौंतीस साल बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव टेन प्लस टू फॉर्मेट खत्म हिन्दुस्तान ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर को प्राथमिकता देते हुये लिखा है पटना में संक्रमितों की संख्या में आने लगी कमी दैनिक जागरण रफाल विमानों के आगमन पर लिखता है वायु सेना के पराक्रम को मिली नई उड़ान दैनिक भास्कर ने लिखा है अनलॉक तीन के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किये नये दिशा निर्देश

इकतीस अगस्त तक शैक्षणिक संस्थान और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी